वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस का केंद्रीय बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा देश के इतिहास में पहली बार कागज रहित बजट प्रस्तुत किया जाएगा र्कोरोना महामारी को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही सुबह नौ बजे से दिन में दो बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम चार बजे से रात्रि नौ बजे तक चलेगी बजट सत्र का पहला हिस्सा पंद्रह फरवरी को सम्पन्न होगा जिसमें बारह बैठकें होंगी बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आठ मार्च से आठ अप्रैल तक चलेगा और उसमें इक्कीस बैठकें होंगी गौरतलब है कि देश के इतिहास में पहली बार पेपरलेस यानी कागज रहित बजट पेश किया जाएगा प्रधानमंत्री एनसीसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र सेवा में राष्ट्रीय कैंडेट कोर एनसीसी की भूमिका की सराहना की है उन्होंने कहा कि कैडेटों ने बाढ़ से लेकर सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की मदद की है एनसीसी रैली को आज नई दिल्ली में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान लोगों द्वारा अपनी जिम्मेदारियां निभाने से देश ने इसके कारगर परिणाम देखें हैं और उनके प्रयासों से भारत इस महामारी से बेहतर ढंग से निपट सका है मुख्यमंत्री कोदो कुटकी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही कोदो और कृटकी का भी समर्थन मूल्य घोषित करेगी मुख्यमंत्री ने कल कांकेर कषि विज्ञान केन्द्र परिसर में स्व सहायता समृह की महिलाओं और किसानों को संबोधित करते हुए लघू धान्य फसलों और विभिन्न वनोपजों का प्रसंस्करण कर उनकी बिक्री पर जोर दिया उन्होंने कहा कि इन उत्पादों की अच्छी पैकेजिंग मार्केटिंग और प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए जिससे किसानों और वनवासियों को ज्यादा मुनाफा मिले इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कृषि विज्ञान परिसर में लघ् धान्य प्रसंस्करण इकाई कृषक छात्रावास और बालक छात्रावास का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कांकेर जिले के गोविंदपुर में आयोजित आमसभा में तीन सौ बयालीस करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया अपने कांकेर प्रवास के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने जिले की उप तहसील कोरर और सरोना को तहसील बनाने तथा कोडेकर्से बडगांव को उप तहसील का दर्जा देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने आज शासकीय नरहरदेव इंग्लिश मीडियम स्कल का अवलोकन भी किया इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न कक्षाओं में जाकर छात्रों और शिक्षकों से पढ़ाई के बारे में चर्चा की इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग्रेजी मीडियम में अध्ययन अध्यापन को बढ़ावा देने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरूआत की गई है उन्होंने कहा कि आगामी शिक्षा सत्र से सौ और नये इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल कोंडागांव जिले के कोंगेरा गांव में आयोजित कार्यक्रम में दो सौ अटहत्तर करोड़ रूपये की लागत के विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर के विकास के लिए धन की कमी नहीं होगी उन्होंने कहा कि बस्तर में वनवासियों सहित आम आदमी के सर्वागीण विकास के लिए राज्य सरकार स्वास्थ्य शिक्षा सड़क रोजगार और सिंचाई सुविधा पर विशेष ध्यान दे रही है मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कोंडागांव जिले के अंतर्गत विश्रामपुरी में महाविद्यालय की स्थापना के साथ धनोरा और मर्दापाल को तहसील बनाने तथा बांसकोट बड़ेडोंगर और बीजापुर में उप तहसील खोलने की घोषणा की धान खरीदी प्रदेश में समर्थन मूल्य पर अब तक कशीब नब्बे लाख मीटरिक टन धान की खरीदी हो चुकी है यह धान खरीदी इकतीस जनवरी तक चलेगी अब तक राज्य के बीस लाख पच्चीस हजार से अधिक किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है वहीं कस्टम मिलिंग के लिए इकतीस लाख बारह हजार भीटरिक टन धान का डीओ जारी किया गया है जिसके एवज में मिलर्स द्वारा अब तक अट्ठाईस लाख छियासठ हजार भीटरिक टन धान का उठाव कर लिया गया है इस बीच जांजगीर चांपा जिले के विधायक और भाजपा के प्रदेश महामंत्री नारायण चंदेल ने राज्य सरकार से धान खरीदी की तिथि बढाने की मांग की है उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को धान बेचने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने गिरदावरी कार्य में सुनियोजित ढंग से खेत के रकबे को काटा है उन्होंने कहा कि जिन किसानों के खेत के रकबे काटे गए हैं उन्हें दुरूस्त कर उन किसानों को फिर धान बेचने का मौका देना चाहिए लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता कार्यक्रम लोकवाणी में इस बार उपयोगी निर्माण जनहितैषी अधोसंरचनाएं आपकी अपेक्षाएं विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर शून्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य एक पांच शून्य दो और पांच शून्य तीन पर कल उनतीस जनवरी को दोपहर तीन से चार बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं मुख्यमंत्री की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की पंद्रहवीं कड़ी का प्रसारण चौदह फरवरी को किया जाएगा कोरोना समाचार देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर छियानवे दशमलव नौ चार प्रतिशत हो गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक एक करोड़ तीन लाख से अधिक कोरोना संक्रभित व्यक्ति ठीक हो चुके हैं इधर छत्तीसगढ़ में अब तक दो लाख नवासी हजार से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं इस बीच देश में अब तक तेईस लाख पचपन हजार से अधिक लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया जा चुका है कल करीब तीन लाख पच्चीस हजार लोगों को यह टीका लगाया गया इधर छत्तीसगढ़ के महासग्रंद जिले में छह अलग अलग स्वास्थ्य केन्द्रो में कल सरकारी और निजी संस्थानों के स्वास्थ्यकर्मियों को टीके लगाए गए जिले में अब तक सोलह सौ पचयासी स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया जा चुका है जिला टीकाकरण अधिकारी अरविंद गुप्ता ने बताया कि जिले में कल चार सौ इकतालीस स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया गया

पत्र सूचना कार्यालय प्रादेशिक लोकसंपर्क ब्यूरो रायपुर और क्षेत्रीय लोकसंपर्क ब्यूरो द्वारा आयोजित इस वेबीनार में राष्ट्रीय सेवा योजना की समन्वयक डॉक्टर नीता वाजपेयी ने जीवन में स्वच्छता के महत्व और उसकी उपयोगिता पर चर्चा की उन्होंने युवाओं को स्वच्छता के मूलमंत्र को अपनाकर जीवन में आगे बढ़ने का आव्हान किया बर्ड फ्लू रोकथाम महासमुद कलेक्टर डोमन सिंह ने जिले में बर्ड फ्लू रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं कलेक्टर ने जिले के समी एसडीएम को पत्र जारी कर सीमावर्ती प्रदेश से पक्षियों के परिवहन पर नजर रखने को कहा है उन्होंने पक्षियों की आकस्मिक मृत्यु होने पर पश्पालन विभाग को तत्काल सूचना देने को कहा है वहीं जिले के पशु चिकित्सक डॉक्टर डीडी झारिया ने बताया है कि जिले में अब तक आठ पक्षियों के स्वाब का सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजा गया था जहां सभी पक्षियों की रिपोर्ट निगेटिव आई है उन्होंने बताया कि बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है वार्ड आरक्षण रायपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस भारतीदासन ने आज आम चुनाव दो हजार इक्कीस के ॅलिए बिरगांव नगर पालिक निगम के वार्डो के आरक्षण की कार्रवाई की इसके अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पांच वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए दो वार्ड और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तेईस वार्ड आरक्षित किए गए वहीं तेरह वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हुए हैं

मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का दल तलाशी अभियान पर निकला था इस दौरान विंतलनार के बंगाली पारा के पास माओवादियों द्वारा लगाए गए दस किलो के टिफिन बम को सुरक्षा बलों ने बरामद किया जिसे बाद में निष्क्रिय कर दिया गया आरएस बारले पद्मश्री सम्मान छत्तीसगढ़ के पंथी नर्तक डॉक्टर आरएस बारले ने पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित होने पर प्रादेशिक लोकसंपर्क ब्यूरो का आभार जताया है उन्होंने कहा कि वे बीते बीस साल से सुचना और प्रसारण मंत्रालय के लोकसंपर्क ब्यूरो के लिए कार्य कर रहे हैं विभाग के माध्यम से ही वे छत्तीसगढ़ के लोगों तक अपनी कला को पहुंचाने में सफल हुए गौरतलब है कि पंथी नर्तक डॉक्टर आरएस बारले का चयन इस वर्ष पद्मश्री सम्मान के लिए किया गया है छेरछेरा प्रदेशमर में आज अन्नदान का पर्व छेरछेरा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है घान की नई फसल आने के अवसर पर पौष माह की पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है इसमें मुख्य रूप से धान का दान किया जाता है सुबह से ही बच्चे बुजूर्ग और महिलाएं टोली बनाकर घूम घूमकर धान मांगते रहे वहीं किसान और अन्य ग्रामीणों ने घर के सामने टोकरी में धान रखकर खुले हाथों से लोगों को बांटा घर घर धान मांगने के बाद परंपरानुसार लोगों ने टोली बनाकर डंडा नृत्य का भी प्रदर्शन किया राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों को छेराछेरा पर्व की बधाई और श्रभकामनाए दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि यह पर्व छत्तीसगढ़ के गांव और कृषि संस्कृति परंपरा को प्रदर्शित करता है इधर मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने प्रदेश के लोकपर्व छेरछेरा को कांकेर में मनाया इस अवसर पर उन्होंने शहर की दुकानों और घरों भें छेरछेरा का दान मांगा इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री को तराजू में तौलकर उनके वजन के बराबर अन्नदान किए लोगों ने फल सब्जियां और छत्तीसगढी व्यंजन भी दान में दिए इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर्व में समानता का भाव प्रमुखता से उभरकर सामने आता है धनी और गरीब व्यक्ति एक दूसरे के घर दान मांगने जाते हैं तथा दान में एकत्र धान राशि और सामग्री गांवों में रचनात्मक कार्यों में लगाई जाती है गौरतलब है कि मुख्यमंत्री को छेरछेरा के दौरान दान में प्राप्त अन्न का उपयोग सुपोषण योजना के तहत और राशि का इस्तेमाल अस्पताल में किया जाएगा संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस समय रायपुर में यूनिफाइड कमांड की बैठक चल रही है इस बैठक में राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साह के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कमार राज्य के मुख्य सचिव अभिताम जैन गृह विमाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी के साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं

कबीरधाम जिले में यातायात सुरक्षा माह के दौरान आज नगर के प्रमुख चौक चौराहों में पुलिसकर्भियों के साथ स्कूली छात्रों ने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जांजगीर चांपा जिले की खरौद नगर पंचायत को तहसील का दर्जा देने की मांग को लेकर आज एक प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से मुलाकात की ओडिशा के ब्रजराजनगर में उत्कल और पुरी जोधपुर एक्सप्रेस के फिर से ठहराव की मांग को लेकर नागरिक कमेटी ने आज रेल रोको आंदोलन किया जिसके कारण कई ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ पुलिस ने चालीस आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया जिसके बाद यातायात बहाल हो सका रायपुर रेलमंडल में आज जागरूकता अभियान के तहत सिविल डिफेंस की टीम के द्वारा आगजनी की घटनाओं के दौरान फायर फाइटिंग और बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया गया छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने आज बिलासप्र में महिलाओं से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की

राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण अभियान के तहत आज मुंगेली में मातृ शक्ति रैली का आयोजन किया गया गरियाबंद जिले के उदन्ती अभयारण्य क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने तेंदुए की खाल के साथ पांच अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है राजनांदगांव जिले में अंबागढ़ पुलिस चौकी के अंतर्गत पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर को गिरफ्तार किया है इसके पास से पुलिस ने अट्ठारह मोटरसाइकिलें जब्त की हैं महासमुद जिले के बागबाहरा थाना अंतर्गत पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है